बैठक में ऑक्सीजन की उपलब्धता दवाईयों और मानव संसाधन की स्थिति में सुधार के तरीकों पर हुई चर्चा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

मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें चार राज्यों और एक केन्द्रशासित प्रदेश की विधानसभा चुनाव के मतगणना के ताजा रूझान आ चुके हैं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हैट्रिक असम में भाजपा की दोबारा सत्ता में वापसी और केरल में सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमेक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ की सरकार बनना तय है वहीं तमिलनाड् में डीएमके और पुद्दचेरी में विपक्षी दल की सरकार बनेगी ताजा रूझान के अनुसार पश्चिम बंगाल में दो सौ बानवे सीटों में से तृणमूल कांग्रेस सात सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है जबकि दो सौ छह सीटों पर आगे चल रही है वहीं भाजपा एक सीट जीत चुकी और और छिहत्तर सीटों पर बढ़त बनाये हुये है तामिलनाडू में दो सौ चौंतीस सीटों में से डीएमके एक सौ पैंतीस सीटों पर आगे चल रही है वहीं एआईएडीएमके सड़सठ सीटों पर बढ़त बनाये हुये है केरल में एलडीएफ सौ सीटों पर आगे है जबकि यूडीएफ चालीस सीटों पर बढ़त बनाये हुये है असम में एक सौ छब्बीस सीटों के रूझान मिल चुके हैं जिनमें इक्यावन सीटों पर भाजपा आगे चल रही है जबकि कांग्रेस उनतीस सीटों पर बढ़त बनाये हुये है पुद्दचेरी में चौबीस सीटों के रूझानों में ऑल इंडिया एन आर कांग्रेस सात सीट जीत चुकी है जबकि दो सीट पर आगे चल रही है वहीं भाजपा तीन सीट जीत चुकी और एक सीट पर बढ़क बनाये हुये है पूद्दचेरी में डीएमके दो सीट जीतकर दो सीटों पर आगे चल रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस दो सीट जीत चुकी है वहीं दो निर्दलीय उम्मीदवार जीत चुके हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज विशेषज्ञों के साथ देश में कोविड महामारी और टीकाकरण संबंधी मुद्दों की समीक्षा की नई दिल्ली में आयोजित इस बैठक में विशेषज्ञों के साथ ऑक्सीजन की उपलब्धता कोविड संबंधी दवाईयों मानव संसाधन की स्थिति में सुधार के तरीकों और कोरोना के हालात पर चर्चा हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आज देश में गैसीय ऑक्सीजन की आपूर्ति और उपलब्धता बढाने के उपायों की समीक्षा की गई बैठक के दौरान छात्रों को प्रोत्साहित करने और कोविड ड्यूटी में शामिल होने के लिये मेडिकल तथा नर्सिंग पाठ्यक्रमों के पास आउट को प्रोत्साहित करने के लिये कई कदम उठाये गये कोविड ड्यूटी करने वाले चिकित्साकर्मियों को सरकारी भर्ती में वरीयता के साथ साथ वित्तीय प्रोत्साहन देने का भी निर्णय लिया गया है राज्य सरकारों को महामारी से निपटने के लिए ऑक्सीजन सुविधा युक्त बिस्तरों वाले ऐसे और अधिक कोविड देखभाल केन्द्रों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कैबिनेट सचिव गृहसचिव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सचिव तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे गौरतलब है कि प्रधानमंत्री महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति पर नजर रखने और मुद्दों के समाधान के लिए लगभग प्रत्येक दिन बैंठक कर रहे हैं प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है पिछले चौबीस घंटों में तेरह हजार पांच सौ चौंतीस नये मामले सामने आयें इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर चार लाख संतानवे हजार छह सौ चालीस हो गयी है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस अवधि में पटना में ही सर्वाधिक दो हजार सात सौ अड़तालीस कोरोना पॉजिटिव मिले हैं वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या एक लाख नौ हजार नौ सौ पैंतालीस है देश में संक्रमणमुक्त होने वालों की दर में लगातार कमी हो रही है एक दिन में तीन लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो रहे हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले चौबीस घंटे के दौरान तीन लाख सात हजार से अधिक लोग ठीक हुए हैं अब तक देश में एक करोड़ उनसठ लाख से अधिक लोग संक्रमणमुक्त हो चुके हैं नए मामलों की बढ़ती संख्या के कारण ठीक होने वालों की दर और गिरकर इक्यासी दशलमव सात सात प्रतिशत पर आ गई है मंत्रालय ने यह भी बताया कि इस समय देश में तैंतीस लाख उनचास हजार से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है पिछले चौबीस घंटे के दौरान तीन लाख बानवे हजार से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया ने इस बात पर बल दिया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए दवाओं के दुरुपयोग से बचना चाहिए रेमडेसिविर के उपयोग के बारे में डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि यह दवाई डॉक्टर की सलाह पर अस्पताल में ही दी जानी चाहिए

उस दवाई के अपने साइड इफेक्ट्स हैं उसके अपने इंडिकेशन हैं इसलिए वो घर पर बिल्कुल इंडिकेटेड नहीं हैं और इसलिए मैं यही फिर से कहना चाहूंगा कि लास्ट टाइम भी ये कहा था कि रेमडेसिविर जो है यो होम बेस के लिए होम आइसोलेशन माइल्ड और एसिम्टोमेटिक पेशेंट के लिए बिल्कुल उसका कोई फायदा नहीं है उससे नुकसान भी हो जाता है इसलिए घर पर रेमडेसिविर बिल्कुल न लें अगर आपको लगे कि आपकी सैचूरेशन जो है वो कम हो रही है

आप खुलकर सांस नहीं ले पा रहे हैं तो एकदम डॉक्टर से कंसल्ट करें वो बहुत जरूरी है जिससे आपको समय पर ट्रीटमेंट मिल जाएगा और अगर एडमिशन की जरूरत है तो समय पर ट्रीटमेंट हो जाएगा कोविड उन्नीस टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू हो गया है इस चरण में अठारह वर्ष से अधिक आय् वर्ग के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है इसके लिए को विन प्लेटफॉर्म तथा आरोग्य सेतु एप पर पंजीकरण कराये जा सकते हैं अब तक को विन पर दो करोड़ छियासठ लाख से अधिक लोग पंजीकरण करा चुके हैं केंद्र सरकार के टीकाकरण केंद्रों में स्वास्थ्य कर्मचारी अग्निम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का निःशुल्क टीकाकरण पहले की तरह ही जारी रहेगा

इस फेज के लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीकाओं के निर्माताओं ने राज्य सरकारों और खुले बाजार के लिए टीकों की कीमत पहले ही घोषित कर दी है

केन्द्र अपने हिस्से से राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को संक्रमण की स्थाति और टीकाकरण की गति को ध्यान में रखकर टीकों का आवंटन करेगी

इधर प्रदेश में टीके की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के कारण अठारह से चौवालीस वर्ष की आयु के लाभार्थियों का टीकाकरण नहीं शुरू हो पाया है हालांकि टीकाकरण के लिए निबंधन की प्रक्रिया जारी रहेगी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि जल्द इस आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू होगा उन्होंने कहा कि इस महीने बिहार को कोविड टीके की सोलह लाख खुराक प्राप्त होगी देश में अब तक पंद्रह करोड अड़सठ लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले चौबीस घंटे में अठारह लाख छब्बीस हजार से अधिक टीके लगाए गए देश में विश्व के सबसे बडे कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में अठारह से चौबीस वर्ष के लोगों को छियासी हजार तेईस टीके लगाए गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर्स की श्रेणी में शामिल कर कोविड टीकाकरण कराने का निर्णय लिया गया है राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि मान्यता प्राप्त सभी पत्रकारों के साथ साथ जिला जन संपर्क पदाधिकारी की ओर से सत्यापित पत्रकारों को प्राथमिकता के आधार पर फ्रंटलाइन वर्कर्स की श्रेणी में शामिल करने का निर्णय लिया गया है प्रदेश में काल बैशाखी के प्रभाव के कारण मौसम में तेजी से बदलाव देखा जा रहा है मौसम विभाग ने कहा है कि चार मई तक प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र सहित कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना है इसको देखते हुये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने बताया कि चक्रवातीय प्रभाव और कम दबाव के कारण राज्य के उत्तर पूर्वी जिलों में अगले चौबीस से अड़तालीस घंटों के दौरान सामान्य से अधिक बारिश की आशंका है

जानीमानी साहित्यकार डॉक्टर शांति जैन का हृदय गति रूक जाने के कारण पटना में निधन हो गया वे लगभग पचहत्तर वर्ष की थी साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिये उन्हें पदमश्री प्रस्कार से सम्मानित किया गया था इसके अलावा उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार समेत कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया था डॉक्टर शांति जैन शिक्षा क्षेत्र में आने से पहले आकाशवाणी पटना में उद्घोषिका भी रह चुकी थीं साथ ही उन्होंने आकशवाणी पटना के कई कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था उन्नीस सौ सत्तर के दशक में आकाशवाणी पर उनका मानस पाठ बहुत ही लोकप्रिय हुआ था उन्होंने बिहार गौरव गान की रचना भी की थीं उनका अंतिम संस्कार आज पटना के गुलबी घाट में किया गया शांति जैन के आकस्मिक निधन पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने गहरा शोक प्रकट करते हये कहा कि शांति जैन की निधन से साहित्य जगत को अप्रणीय क्षति हुई है इधर बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष अनिल सुलभ सहित कई साहित्यकारों और कला प्रेमियों ने गहरा शोक प्रकट किया है इधर अंगिका और मैथिली भाषा के जानेमाने कवि भगवान प्रलय का आज कटिहार के कुरसेला में निधन हो गया है वे पिछले कई दिनों से बीमार थे कवि प्रलय विनोवा भावे के भूदान यात्रा में शिरकत करने के साथ साथ महात्मा गांधी की सहयोगी निर्मला देश पांडेय के साथ भी काम कर चुके थे कवि प्रलय को तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान सहित कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के छोटे भाई अशोक कुमार मोदी का आज पटना में निधन हो गया वे पैंसठ वर्ष के थे

अशोक मोदी के निधन पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने गहरा शोक प्रकट किया है डाक विभाग बिहार डाक सर्किल के विभिन्न मंडलों में ग्रामीण डाक सेवक के लिये एक हजार नौ सौ चालीस पदों के लिये नियुक्ति करेगी जारी अधिसूचना के अनुसार उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन जमा आवेदनों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर किया जायेगा इन पदों के लिये अंतिम निर्णय दसवीं कक्षा में प्राप्त अंकों पर लिया जायेगा विभाग ने आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि छब्बीस मई निर्धारित की है प्रर्णिया के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत डंगराहा गांव के समीप आज लोजपा नेता अनिल उरांव का शव बरामद किया गया है पूर्णिया से तीन दिनों पहले अपराधियों ने दस लाख रूपये की फिरौती के बाद लोजपा नेता की हत्या कर दी आरक्षी अधीक्षक ने बताया कि इस सिलसिले में एक महिला समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई इस वर्ष दसवीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम बीस जून को घोषित करेगा बोर्ड ने एक आधिकारिक मेल में कहा है कि सभी विद्यालय निर्धारित मानदंडों पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर अंक पांच जून तक सौंप देंगे इसी के आधार पर बोर्ड बीस जून को अंतिम परिणाम की घोषणा करेगा सीबीएसई ने इस वर्ष की दसवीं की परीक्षा कोरोना महामारी के कारण रद्द करने और विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक देने का निर्णय लिया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत राज्य के गरीब परिवारों को मई और जून महीने का मुफ्त अनाज का वितरण छह मई से किया जायेगा इसके अन्तर्गत आठ करोड़ इकहत्तर लाख लाभार्थियों को अनाज मिलेगा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के सचिव विनय कुमार ने बताया कि लाभुक परिवार के हर सदस्य को तीन किलो चावल और दो किलो गेहूँ दिया जायेगा

बैठक में ऑक्सीजन की उपलब्धता दवाईयों और मानव संसाधन की स्थिति में सुधार के तरीकों पर हुई चर्चा